आज सुबह से शुरू हुई मतगणना में पहले दौर से ही कांतिलाल भूरिया शुरूआत से ही बढ़त बनाए हए थे उधर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है श्री कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से कहा कि उन्हें मिला यह समर्थन राज्य के आदिवासियों का मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार के प्रति विश्वास प्रदर्शित करता है गौरतलब है कि झाबुआ विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था विस च्नाव उधर महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन का फिर से सत्ता में आना लगभग तय है

यह घोषणा परिवेशीय वायू में धूल कणों की मात्रा निधारित मानकों से अधिक पाये जाने के कारण की गई थी मुख्यमंत्री ने प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं गौरतलब है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदेश के भोपाल दमोह सहित अन्य शहरों में अत्याधिक वायु प्रद्रषण की बात सामने आई है प्रसार भारती प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और द्रदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहत जीवन्त समाचार व्यवस्था होगी उन्होंने विश्वास जताया कि यह सेवा विश्व की सबसे अच्छी समाचार एजेन्सियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी सुको नागरिक रजिस्टूर केन्द्र सरकार ने उच्च्तम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संयोजक प्रतीक हजेला को वापिस मध्यप्रदेश स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहती है

किसान राज्य बीज और फार्म विकास निगम सेवा सहकारी समिति तथा बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति से अनुदान वाला प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं बीज वितरण पर अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा बेडमिण्टन पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में आज सायना नेहवाल का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजमार्क जारेफेल्द से और पीवी सिंध्र का सिंगापुर की यो जेएम से होगा पहले दौर में सायना नेहवाल हांगकांग की नगान यी च्युंग को और पीर्वो सिंधू ने कनाडा की मिशेल ली को हराया था